वे रोहडू की जनता से संवाद करने के अलावा सहकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे

इसी बीच चम्बा से हमारे संवााददाता विकास ठाकुर ने बताया है कि जिले से आज सुबह सात नए कोरोना मामले सामने आए हैं ये सभी दूसरे राज्यों से वापिस लौटे हैं और इनमें चार आईटीबीपी के जवान शामिल हैं

उधर कुल्लू जिला प्रशासन ने श्रीखण्ड कैलाश यात्रा स्थगित कर दी है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं

उपायुक्त ने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि केवल वित्तीय प्रशासन के पेपर में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए धर्मशाला मण्डी और शिमला में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा अन्य सभी विषयों की परीक्षा राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में आयोजित की जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में नहीं थमा कोरोना का कहर

शिमला में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है भीड़ जुटा प्रदर्शन करने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष समेत दो दर्जन पर केस हिमाचल में सैलानियों को एंट्री देने का विरोध कर रही थी कांग्रेस दैनिक भास्कर का शीर्षक है चक्का जाम करने वाले कांग्रेस नेताओं पर केस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है कांग्रेस पर भारी पड़ेगा प्रदेश के लोगों की घर वापसी का विरोध पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल में बनेंगी पीपीई किट्स व फेस मास्क

पहली बार सीधे बागवानों से सेब खरीदने पहुंचा वॉलमार्ट अन्य नामी कम्पनियों ने भी सेब खरीद को हिमाचल में डाला डेरा अमर उजाला की खबर है